आज सुबह राज्यसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया

देश में कोरोना वायरस के नये मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार और ज्यादा सतर्क हो गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपने निवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई बैठक में चिकित्सा मंत्री रघू शर्मा सहित चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री ने बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये गये इतजामों की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वायरस के संबंध में केन्द्र सरकार की गाइडलाईन को पूरी तरह फॉलो किया जाये उन्होंने कहा कि विभाग ये सुनिश्चित करें कि कोरोना वायरस को लेकर जनता में किसी भी तरह का भय व्याप्त न हो इस बीच जयपुर में भर्ती इटली के एक नागरिक की कोरोना जांच रिपोर्ट पोजेटिव आने के बाद पुष्टी के लिए उसके सैम्पल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए है इस मरीज की पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी श्रम विमाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने राज्य में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बराबर करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं श्री पवन जयपुर में आयोजित न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे बैठक में विचार विमर्श के बाद उन्होंने कहा कि एनसीआर में शामिल भरतपुर तथा अलवर जिलों के लिए अलग दरें निर्धारित की जाएं

जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में स्वच्छ हवा कार्यक्रम के तहत प्रदूषण को हर स्तर पर घटाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जयपुर में एक समझौता किया गया राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सदस्य सचिव शैलजा देवल और विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौघरी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए इस अवसर पर राज्य प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी मौजूद थे उन्होंने कहा कि बोर्ड एक नियामक संस्था है और यह एमओयू करना बोर्ड के लिए एक संकारात्मक अभिनव पहल है उन्होंने कहा कि इस एमओयू के अर्न्तगत स्वच्छ हवा कार्यक्रम को हम प्रदेश में मजबूती के साथ क्रियान्वित कर पाएंगे देश में अब हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोग अपने मोबाईल लेपटॉप और अन्य उपकरणों में वाईफाई सुविधा का उपयोग कर सकेंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कल इस बारे में एक अधिकारिक सूचना जारी कर एयरलाईन कम्पनियों को इस बात की छूट दे दी है गौरतलब है कि टेलीकॉम रेगूलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया ट्राई हवाई यात्रा के दौरान डाटा कनेक्टिविटी की सुविधा को पहले ही हरी झण्डी दिखा चुका है आज विश्व वन्य जीव दिवस है ये दिन वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता लाने के लिए हर साल तीन मार्च को मनाया जाता है इस बार वन्य जीव दिवस का विषय है घरती पर सभी जीवों का संरक्षण

देश में पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से वन्य जीव दिवस पर आज जागरूकता शिविर फोटोप्रदर्शनी और कई कार्यकम आयोजित किए जा रहे है

कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी खाट्श्यामजी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किये और प्रदेश में अमन चैन तथा खुशहाली की कामना की